अपने पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंघान परिषद ने कहा है कि मौजदा हालात को देखते हए ऐसा करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केन्द्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध आर टी पीसीआर मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक निजी जांच प्रयोगशालाओं को दो आरटीपीसीआर मशीने उपलब्ध कराने से देश में कोविड की जांच की क्षमता प्रतिदिन अड़तालिस हजार बढ जाएगी प्रदेश सरकार ने लक्षणरहित कोरोना संक्रमण के मरीजों को होम आइसोलेशन के सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं इनमें कहा गया है कि उपचार करने वाले चिकित्सक की अनमति के बाद बिना लक्षण वाले मरीज को घर पर अलग रहने की अनमति दी जा सकती है ऐसे रोगी के निवास पर खुद को आइसोलेट करने और परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए घर में कम से कम दो शौचालय होना जरूरी है रोगी की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को चौबीस घंटे उपलब्ध रहना चाहिए दिशानिर्देशों के अनुसार अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है सीने में दर्द या भारीपन अथवा बोलने में कठिनाई महसुस होती है तो उसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा आइसोलेशन की अवधि में रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति और उपचार करने वाले अस्पताल के बीच लगातार सम्पर्क अनिवार्य है रोगी के निकट सम्पर्क में रहने वाले और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को चिकित्सक की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस दवा लेने का परामर्श दिया गया है मरीज के होम आइसोलेशन की अवधि कोरोना संक्रमण की पुष्टि के दस दिनों के बाद और पिछले तीन दिन बुखार न आने पर समाप्त मानी जाएगी मरीज को अगले सात दिनों तक घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी आइसोलेशन की अवधि की समाप्ति पर जांच की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार आज शाम लखनऊ के गुलाला घाट पर किया गया प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ की आत्मा की तरह थे और वे लखनऊ और प्रदेश में उनकी सेवाओं के लिए सर्देव याद किए जाएंगे रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दख व्यक्त करते हए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं श्री टंडन के निधन पर प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दख व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लालजी टंडन भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनका निधन एक अप्रणीय क्षति है सुवना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लालजी टंडन आदर्श थ्यक्तित्व के धनी थे केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि श्री टंडन को शासन कला की गहरी समझ थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक सात लाख चौबीस हजार पांच सौ अठहत्तर लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं ठीक होने वालों की दर बढ़कर बासठ दशमलव सात दो प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर दो दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घटों के दौरान चौबीस हजार चार सौ इक्यानवे लोग ठीक हुए देश में इस समय संक्रमण के चार लाख दो हजार पांच सौ उन्तीस सक्रिय मामले हैं प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी सुबह बूंदावृंदी हई और दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही वाराणसी चंदौली बलिया और आसपास के क्षेत्रों में भी आज दिन में बूंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जतायी है अगले चार दिनों के दौरान एक या दो स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है